छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन दिनों के भीतर बिलासपुर में कोरोना वायरस परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं फसल कटाई का उत्सव बैसाखी और खालसा पंथ का स्थापना दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है अगले चौबीस घंटों के दौरान रायपुर सहित बस्तर संभाग के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं पीएम संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है श्री मोदी ने बीते शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का आग्रह किया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है

साथ ही केन्द्र सरकार को आगामी तीन दिनों के भीतर इस प्रयोगशाला को मंजूर करने का निर्देश भी दिया है आज एक जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिव को निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होकर छत्तीसगढ़ लौटे तबलीगी जमात के लोगों की जिलेवार जानकारी शपथ पंत्र के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं इस मामले में अगली सुनवाई आगामी सत्रह अप्रैल को होगी वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शराब बिक्री के लिए समिति के गठन को चुनौती देने वाली एक अन्य जनहित याचिका पर आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने याचिका को निराकृत कर दिया है

इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने और आज से ही निर्देशों के अनुरूप कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है

राजधानी रायपुर में पूर्णबंदी के दौरान लोगों को वाजिब कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है इस कड़ी में खाद्य विभाग ने रायपुर के एक सौ दो छोटे बड़े व्यापारिक संस्थानों की जांच की इस दौरान शहर के संतोषी नगर स्थित एक संस्थान के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया इधर राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र के छोटेबिरेझर गांव में बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे पांच युवकों के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है वहीं इसी जिले में खाद्य वितरण के दौरान गड़बड़ी बरतने के आरोप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है इस बीच शहर में बिना वजह घूमने वालों को रोकने के लिए कल से सभी वॉर्डो में घर घर जाकर सब्जी बिक्री की जाएगी उधर कोंडागांव जिले में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले इकतीस वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन पर साढ़े ग्यारह हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया वहीं कांकेर के कोतवाली थाना अंतर्गत नागपुर से आए एक व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है

वहीं उपचार के लिए जिले से बाहर जाने वाले मरीजों को आसानी से अनुमति दी जा रही है इसी जिले में जरूरतमंदों के लिए बनाया गया अनाज बैंक गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है इस बैंक के जरिये अब तक साढ़े तेरह हजार जरूरतमंदों को भोजन अनाज और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है वहीं लॉकडाउन के दौरान होटल खोलने पर एक होटल को सील कर दिया गया है इधर कोरिया कलेक्टर ने कोरबा जिले के कटघोरा से लगे धनपुर गांव में सरपंचों और सचिवों की बैठक लेकर सभी पगडंडी और गांव के सभी रास्तों पर चौबीस घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं उधर बीजापुर जिले में बिना सूचना के दूसरे राज्य से आए पांच लोगों के खिलाफ भोपालपट्नम पुलिस ने कार्रवाई की है बताया जाता है कि ये सभी लोग महाराष्ट्र के सिरोंचा से इंद्रावती नदी पार कर भोपालपट्नम पहुंचे थे इन सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है साथ ही इन सभी को चौदह दिन के लिए होम क्वारेंटाइन पर रखा गया है वहीं रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने वाले दो प्रधान आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने कॉप ऑफ द मंथ का सम्मान दिया है ये दोनों पुलिसकर्मी जिले के साइबर सेल में पदस्थ हैं

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की चौथी कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे

मिली जानकारी के अनुसार इस युवक ने निजामुद्दीन से लौटने के बाद पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी वहीं बीते कुछ दिनों से युवक की तबीयत खराब थी जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक के घर पहुंची फिलहाल युवक के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है वहीं युवक द्वारा जानकारी नहीं देने के मामले में अपराध पंजीबद्व किया गया है कोरोना आरोग्य सेतु ऐप विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेत् ऐप की सराहना की है इस ऐप का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बताए गए नवीन उपाय व्यापक जन समुदाय में संक्रमण का पता लगाने और लोगों को जागरूक बनाने में मददगार हैं

ऐसे में प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीब और जरूरतमंद के लिए वरदान साबित हो रही है गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने जन धन खाताधारी महिलाओं के बैंक खाते में पांच सौ रूपये जमा किए हैं जिन्हें निकालने के लिए इन दिनों प्रदेश के सभी शहरों और गांवों में स्थित बैंकों में महिलाओं की लंबी कतारें लग रही हैं भलाई के सुपेला में स्थित बैंक के सामने भी जन धन खाते से पैसा निकालने के लिए भीड़ देखी जा रही है इस दौरान कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए खाताधारियों से आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखने का अनुरोध भी किया जा रहा है पैसा लेने के बाद इन महिलाओं के चेहरे पर खुशी और आत्मसंतोष का भाव भी देखा जा रहा है महिलाओं ने बताया कि कामकाज बंद होने के कारण पैसे की बहत ज्यादा जरूरत है ऐसे में जन धन योजना उनके लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है

उन्होंने बताया कि सरकार ने निराश्रित पेंशन की राशि भी जारी कर दी है बैसाखी बधाई फसल कटाई का उत्सव बैसाखी और खालसा पंथ का स्थापना दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है आज ही देश के अलग अलग राज्यों में विशु रोंगाली बीह वैसाखड़ी पुथंड् और पिरप्पु पर्व भी मनाए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी नागरिकों को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाये जा रहे पर्वो की बधाई और शुभाकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने लोगों से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस को हराने के संकल्प के साथ ये पर्व मनाएं इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर श्री बघेल ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के मद्देनजर सिख समुदाय से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए घर पर ही त्यौहार मनाने की अपील भी की है अंबेडकर जयंती भारत के संविधान निर्माता समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि तथा न्याय मंत्री भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि हम सबको डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जीवनभर वंचित समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किया उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के मद्देनजर घर पर ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की अपील की है माओवादी घटना छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में पुलिस ने माओवादियों के दो शिविरों को नष्ट कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार सुकमा जिले की पुलिस और ओडिशा के मलकानगिरी की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था तलाशी अभियान के दौरान सुकमा जिले के तुलसीडोंगरी की पहाड़ी में माओवादियों के दो शिविरों का पता चला जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया इस बीच शिविर के नजदीक हुए बारूदी विस्फोट में सुकमा पुलिस का एक जवान घायल हो गया वहीं पुलिस ने मौके से माओवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान भी बरामद किए हैं मौसम प्रदेश में मौसम की आंखमिचौली का दौर जारी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिमी विक्षोम के कारण इन दिनों प्रदेश में बादल छाए हुए हैं इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित बस्तर संभाग विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं संक्षिप्त समाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त अशोक लावासा और सुशील चंद्र कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक वर्ष तक अपने मूल वेतन के तीस प्रतिशत हिस्से का योगदान करेंगे प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत उन्नीस लाख पचयासी हजार हितग्राहियों को मार्च महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भी लघु वनोपज संग्रहण का कार्य किया जा रहा है इसके तहत अब तक प्रदेश में आठ करोड़ चौहत्तर लाख रूपये के करीब तैंतीस हजार क्विंटल लघु वनोपज का संगहण किया जा चुका है